सीबीएसई निर्घारित मुल्यांकन के आधार पर दसवीं बोर्ड के परिणाम बीस जून को घोषित करेगा

वहीं आज अंतिम समाचार मिलने तक सरगुजा और बस्तर संभाग के आठ अन्य जिलों में भी टीकाकरण शुरू हो गया है अब सिर्फ बेमेतरा जिले में टीकाकरण शुरू होना बाकी है आज अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश के सत्ताईस जिलों में तीन हजार छह सौ तीन लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं सबसे ज्यादा तीन सौ चौरासी टीके बस्तर जिले में लगाए गए वहीं रायगढ़ जिले में तीन सौ छिहत्तर मुंगेली में दो सौ अंठानवे लोगों को टीके लगाए गए इसके अलावा बारह अन्य जिलों में टीके लगवाने वालों की संख्या डेढ़ सौ से दो सौ के बीच रही टीका लगवाने के लिए को विन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीयन कराए जा सकते हैं

इसके लिए बस्तर जिले के सभी सातों विकासखंड में दो दो टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं आदिम जाति कल्याण मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कान्छेंसिंग के जरिए टीकाकरण का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण के लिए गरीबों को प्राथमिकता दी है यह गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है वहीं बीजापुर जिले भें राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी जयसिंह अग्रवाल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज टीकाकरण की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने टीका लगवाने आए कुछ लोगों से बातचीत भी की उधर जशपूर के प्रभारी मंत्री और विधायक अमरजीत भगत ने वीडियो कान्फेंसिंग के जरिए पैंकू गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण का शुभारंभ किया इघर कोरिया जिले के सभी विकसखंडों में भी आज टीकाकरण का शुभारंभ किया गया यहां बैक ं ठपुर के मानस भवन में संचालित टीकाकरण केन्द्र का संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव ने अवलोकन किया इघर रायपुर जिले में भी अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आज भी टीके लगाए गए गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वैक्सीन की पहली खेप मिलने के बाद प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्डधारी लोगों को प्राथमिकता के साथ टीका लगाने का निर्णय लिया है इसके लिए रायपुर जिले में मेडिकल कॉलेज सहित चौदह केन्द्र बनाए गए हैं

वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में तीसरें चरण के टीकाकरण अभियान के तहत अर्जुनी गांव की रामेश्वरी बाई देवांगन को पहला टीका लगाया गया जिले में टीकाकरण के लिए छह केन्द्र बनाए गए है मख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है उन्होंने कहा कि इसी वजह से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण में छत्तीसगढ इस समय पूरे देश में दसरे स्थान पर हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए श्री बघेल ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए हर दिन बड़ी संख्या में सेम्पलों की जांच की जा रही है प्रदेश में प्रति दस लाख की आबादी पर अब तक दो लाख पचास हजार सैम्पलों की जांच की गई है

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए पन्द्रह नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं

यह बात मितानिनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान हई चर्चा में कही चर्चा के दौरान मितानिनों ने बताया कि शुरूआती लक्षण वाले संक्रमित लोगों को समय पर देवा दिए जाने से वे घर पर रहकर ही जल्द स्वस्थ होने लगे हैं मुख्यमंत्री ने रायपुर और दूर्ग संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों से कोरोना संक्रमण रोकने के प्रयासों पर चर्चा की बातचीत के दौरान रायपुर और दर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली मितानिनों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना के लक्षण दिखर्ते ही दवा का सेवन शुरू करने वाले मरीजों की स्थिति ना तो गंभीर हो रही है और ना ही उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है ऐसे मरीजों और उनके परिजनों को दवा के साथ ही गर्म पानी और काढ़ा पीने के अलावा भाप लेने की सलाह भी दी जा रही है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्भियों एवं भितानिनों से कहा कि संकट की इस घड़ी में आप सब की मेहनत से हम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को भी परास्त करने में सफल होंगे कोविड सामाजिक सहभागिता राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन और समाजसेवी संस्थाओं के साथ जनप्रतिनिधि भी स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं इसी कड़ी में सुकमा जिले में पुलिस ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अप्रैल माह में अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है पूरे जिले में तैनात पुलिस जवानों और अधिकारियों द्वारा दान की गई कुल राशि लगभग बारह लाख इक्कीस हजार रूपए हैं पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल धुव ने सभी जवानों और पुलिस अधिकारियों के इस सहयोग की सराहना की है वहीं जगदलपुर के विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया है उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को भी इक्यावन हजार रुपए की राशि ंप्रदान की है श्री जैन ने जरूरतमंदों को अनाज और अन्य सामान उपलब्ध कराने के साथ ही दो ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर मशीन भी दान की है उधर कोरिया जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की बैकृण्ठप्र इकाई ने जिला प्रशासन को पच्चीस लाख रूपये का सहयोग किया है एसईसीएल बैकृण्ठप्र के महाप्रबंधक बीएन सिंह ने जिला कलेक्टर को इस राशि का चेक प्रदान किया छत्तीसगढ़ टीकाकरण स्थान इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देशमर में दसरे स्थान पर हैं वहीं पैंतालीस साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक देने के मामले में छत्तीसगढ़ इस समय पूरे देश में चौथे स्थान पर हैं केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने टीकाकरण से संबंधित अपनी प्रस्तति में यह जानकारी दी है

इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कृल संख्या करीब सात लाख चवालीस हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में लगभग एक लाख इक्कीस हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ उनतीस लोगों की मृत्यु हुई है इधर भिलाई में ऑक्सीजन की सुविधा वाले पांच सौ बिस्तरों का नया कोविड सेंटर स्थापित किया जा रहा है इसके पहले चरण में दो सौ बिस्तर्रो का कोविड सेंटर इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा इस समय भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर नौ स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय और अन संधान केन्द्र में कोविड मरीजों के इलाज की सुविधाए पहले से ही उपलब्ध है संयंत्र द्वारा इसके अलावा नया कोविड सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें कोरोना मरीजों का इलाज गैसीय ऑक्सीजन के सहयोग से किया जायेगा इससे मेडिकल ऑक्सीजन की बचत होगी वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक नई पहल की गई है यह मामूली संक्रमण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने के दौरान दवाइयों की किट के साथ डॉक्टरों का नंबर भी दिया जा रहा है ताकि किसी भी समय परेशानी होने पर वे डॉक्टरों से फोन पर ही सलाह ले सकें ये डॉक्टर मरीजों को इलाज संबंधी सलाह देने के साथ ही उनका उत्साह बढाने के लिए भी प्रयास करेंगे जिले में सात हजार से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं इस बीच रायपुर जिले के सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कोरोना की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं इन कंट्रोल रूम के जरिए कोई भी व्यक्ति कोरोना मरीजों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है और आवश्यक सहायता भी ले सकता है इसी तरह जिले के जनपद पंचायतों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं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 उधर अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा कोरोना के इलाज के लि निर्धारित शुल्क से अधिक रकम लेने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने इस अस्पताल का पंजीयन दस दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है वहीं कबीरधाम जिले में इयूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के शिकार हुए पुलिस जवानों और अन्य कर्मचारियों का उत्साह बनाए रखने के लिए जिला पुलिस के महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक अन्ती पहल की गई है महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्टी स्वयं होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित पृलिस जवानों को फोन करके उनका हाल चाल प्रछती हैं वहीं महिला प्रकोष्ठ की अन्य आरक्षकों द्वारा उन पुलिस जवानों से बात कर संवेदना भी प्रकट की जा रही है जिनके घर परिवार में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के कारण किसी सदस्य का निधन हो गया हो कोरोना के इस संकटकाल में कबीरधाम जिला पुलिस की इस पहल को प्रदेश के अन्य भागों से भी काफी सराहना मिल रही है डॉक्टर अपील वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित शाह ने कहा है कि मास्क को ऐसे लगाया जाना चाहिए जिससे ठोढ़ी मुंह और नाक तीनों पूरी तरह से ढंके हो मास्क हमेशा एयर टाइट रहना चाहिए ताकि अंदर की हवा बाहर न जा सके और बाहर की हवा अंदर न आ सके उन्होंने कहा है कि अगर सभी लोग मास्क लगाएंगे तो कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाना बहुत आसान हो जाएगा

बोर्ड ने अपने अधीन संवालित सभी शालाओं को विद्यार्थियों का मल्यांकन कर उन्हें अंक देने का आधार पहले ही स्पष्ट कर दिया था बोर्ड ने समी विद्यालयों से निर्घारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मुल्यांकन कर पांच जुन तक परिणाम सौंपने को कहा है विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल असम केरल तमिलनाडु और केन्द्रशासित प्रदेश पुद्दचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है अब तक मिले रूझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतत्व वाली तणमुल कांग्रेस दो सौ बयानवे में से दौ सौ उन्नीसे सीटों पर निर्णायक बढ़त बना चुकी है इस तरह तुणमल कांग्रेस की सत्ता में दोबार वापसी की संभावना प्रबल हो गई है वहीं भाजपा इकहत्तर सीटों पर आगे चल रही है इसी तरह असम में एक सौ छब्बीस में से सतहतत्तर सीटों पर भाजपा बढत के साथ बहमत हासिल करने के करीब पहुंच गई है वहीं तमिलनाडु में दो सौ चौंतीस में से एक सौ इकतालीस सीटों पर बढ़त के साथ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता हासिल करने की करीब पहुंच गइ है जबकि केरल में एक सौ चालीस में से पंचानवे सीटों पर निर्णायक बढ़त के साथ वाम मोर्चा की एक बार फिर सत्ता में वापसी की संमावना मजबूत हो गई है वहीं पुड़ड्चेरी में तीस में से चौदह सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली हुई है जवान लापता कांकेर जिले के कोडेक्र्सी थाने में पदस्थ एक सहायक आरक्षक पिछले तीन दिनों से लापता है भानप्रतापपुर एसडीओ पुलिस अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया लापता आरक्षक की मोटर साइकिल लावारिस हालत में राजनादगांव जिले के मानपूर इलाके में रानवाही और व भूरके गांव के बीच में मिली है इस आरक्षक की पतासाजी की जा रही है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 मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी भी आ रही हैं जिसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है वहीं प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंघड़ चलने की भी संभावना है उधर कोरबा जिले के वनांचल में स्थित चिर्रा गांव के खेत में आकाशीय बिजली गिरने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई खेत में काम करते समय अंधड़ के साथ अचानक तेज बारिश होने पर ये दोनों ग्रामीण पेड़ के नीचे खडे हो गए तभी आकाशीय बिजने गिरने से उनकी मौत हो गई संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं जिले की पचहत्तर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तहत सांत सौ छियासी फड़ों में जल्द ही संग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा राजनांदगांव के एक सराफा व्यापारी के घर राजस्व विभाग की ग्प्तचर शाखा ने छापे की कार्रवाई की है बताय जाता है कि सोने की खरीदी बिक्री में कथित गड़बड़ी को लेकर यह कार्रवाई की गई है पर्याप्त यात्री संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण इंदौर और पुरी के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन आगामी आदेश तक रद्द किया गया है राजनांदगांव जिले में ही पुलिस ने छुरिया इलाके में अवैध शराब की बिक्री के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है